वे आज वीडियो लिंक के जरिए बुद्ध पूर्णिमा समारोह को संबोधित कर रहे थे संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस वर्चुअल प्रार्थना का आयोजन किया था इसमें दुनियाभर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च गुरूओं ने हिस्सा लिया

इधर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को सत्य अंहिसा करूणा और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी राज्य की कृषि उपज मण्डी में उपज की खरीद और बिकी पर लगाई गई किसान कल्याण फीस का उपयोग किसानों की भलाई के लिए ही किया जायेगा कृषि विमाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने ये जानकारी दी

उन्होंने कहा कि संकलित फीस राज्य कृषि की दर से विपणन बोर्ड के कृषक कल्याण कोष में जमा होगी इसका उपयोग केवल कृषक कल्याण की गतिविधियों और योजनाओं के संचालन के लिए ही किया जाएगा इसका भार किसानों और व्यापारियों पर नहीं पड़ेगा लॉकडाउन में राज्य से बाहर फंसे लोगों को लेकर आज सुबह तेलंगाना से श्रमिक स्पेशल ट्रेन जोधपुर पहुंची

इन सभी की जिलेवार स्क्रीनिंग की गई और रिकॉर्ड जांचे गये

नये मामलों में जयपुर में नौ पाली में छः धौलपुर में चार कोटा में दो उदयपुर में एक व्यक्ति में संकमण का पता चला है अब तक ईलाज के दौरान पिच्चानवें लोगों की मृत्यु हुई है आन्ध्रप्रदेश के विशाखापत्तनम में आज एक रसायन संयंत्र में जहरीली गैस के रिसाव के कारण सैकडो लोग प्रभावित हुए है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों से बात कर घटना की जानकारी ली है उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वहां की स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है गृह मंत्री अभित शाह ने गैस रिसाव में प्रभावित लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संबंधित अधिकारियों से बात कर स्थिति से निपटने के लिए राज्य को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने को कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर घटना से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि सरकार द्वारा त्रंत प्रभाव से सभी अन्तरराज्यीय सीमाओं को सील कर रेगुलेट किया जाएगा श्री गहलोत ने कहा कि पिछले दिनों में देश के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या बढी है ऐसे में प्रदेशवासिया की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है श्री गहलोत ने कहा कि अन्तर्राज्यीय आवागमन की अनुमति केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों और शर्तो की कड़ाई से पालना करते हुए ही दी जाएगी जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्ज्नसिंह बामनिया ने मनरेगा कार्यो में अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने और योजना में चलाए जा रहे कार्यो को प्राथमिकता के साथ पूरा किये जाने के निर्देश दिए है उन्होंने कल बांसवाड़ा में तकनीकी सहायक और सहायक अभियंताओं की बैठक में ये निर्देश दिए उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में मांग के अनुरूप जरूरतमंद लोगों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य पूरी प्राथमिकता के साथ किया जाए ताकि जरूरतमंद लोगों का जीवन आसानी से चल सके